टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि लोगों को जागरूक कर रहे है इस कड़ी में झुन्झुनूं से सांसद नरेन्द्र कुमार ने शहर के बीएड कॉलेज में छात्राओं को अपने आसपास के बुजुर्ग और गंभीर बीमारी वाले लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने की शपथ दिलाई दौसा में कोविड टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आज एक कार रैली निकाली गई यह रैली जिले के विभिन्न उपखण्ड मुखायलयो पर जाकर लोगों को कोविड टीका लगाने का संदेश दे रही है

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी द्वारा छदम नाम से संचालित सोशल मीडिया अकाउंट पर भारतीय सेना से जुड़ी सामरिक महत्व की सुचनाए भेजने के आरोप में सीकर निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है

वह पिछले दिनों छट्टी लेकर अपने गांव आया था तब प्रदेश की सभी आसूचनाएं एजेंसियों द्वारा पूछताछ करने पर इसका जासूसी गतिविधियों में लिप्त होना पाया गया

प्रधानमंत्री का विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के पंजीकरण के लिए आज अंतिम दिन है इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा का चौथा संस्करण होगा और इसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एग्जाम वॉरियर अभियान का एक हिस्सा है जो छात्रों के लिए तनावमुक्त वातावरण का सुजन करता है छात्र इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सरकारी वेबसाइट माई गोव पर पंजीकरण करा सकते हैं

श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशभर से लोगों के विचारों रोचक विषयों और प्रेरक जीवन यात्राओं को उजागर करने का अवसर देता है प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया है लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन मंच पर अपने विचार साझा कर सकते हैं

प्रसिद्ध लोकनाट्य रम्मत को विशिष्ट पहचान दिलाने के उद्देश्य से बीकानेर में रम्मत फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है

हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार फेस्टिवल को डिजिटल मीडिया पर भी प्रदर्शित किया गया है इससे देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी रहने वाले लोग प्रदेश की संस्कृति से रूबरू हो रहे है

पिछले साल कोविड महामारी के कारण अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई थी